नक्सलियों के खिलाफ चलाये जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को मिली एक और सफलता पश्चिमी सिंहभूम जिले से चार माओवादी गिरफ्तार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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की दृष्टि से भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है और विश्व के प्रमुख देशों के मुकाबले सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है

श्री मोदी ने कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले छह वर्षो में अनोखा मुकाम हासिल किया है देश के हर नागरिक को अपनी पूर्ण क्षमता के विकास के लिए बिजली उपलब्ध हो सके इसके लिए देशभर में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने और विद्युत नेटवर्क का विस्तार करने के प्रयास किये जा रहे हैं

उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षों में देश ने नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता में ढाई गुणा बढ़ोतरी की है राज्य की हेमंत सोरेन सरकार उनतीस दिसंबर को एक वर्ष के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी कल शाम रामगढ़ जिला स्थित अपने पैतक गांव नेमरा पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्रकारों को बताया कि सरकार के कामकाज की रिपोर्ट तैयार की जा रही है

एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकारी कार्यों में गड़बड़ी या भ्रष्टाचार से सरकार कोई समझौता नहीं करेगी

इसे आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी देखा जा सकेगा प्रधानमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद आकाशवाणी से यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा क्षेत्रीय भाषाओं में रात आठ बजे इसे दोबारा सुना जा सकेगा

जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य में चल रही पलैगशिप योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया है इस सिलसिले में उन्होंने कल खूंटी जिले में दिशा की एक बैठक की और विकास योजनाओं की समीक्षा की श्री मुंडा ने संबंधित अधिकारियों को योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया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 हालांकि राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या केवल दो हजार एक सौ उनहतर रह गयी है भारत ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है

देश में स्वस्थ लोगों की संख्या इलाज करा रहे मरीजों से बीस गुना अधिक हो गई है

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के सहयोग से जांच सुविधाओं का लगातार विस्तार किया गया है

व्यापक स्तर पर जांच से संक्रमण का शुरू में ही पता लगाकर मरीजों को अलग रखने की व्यवस्था करने से प्रभावी उपचार में मदद मिली है विश्व स्वास्थ्य संगठन के तय मानकों की तुलना में भारत में प्रतिदिन दस लाख आबादी पर पांच गुना अधिक जांच की जा रही है

नक्सलियों के खिलाफ चलाये जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है दो माओवादियों की गिरफ्तारी गोयलकेरा थाना क्षेत्र से और दो की गिरफ्तारी टोकलो थाना क्षेत्र से हुई है गिरफ्तार नक्सलियों के पास से पोस्टर बैनर सहित अन्य आपत्तिजनक चीजें बरामद की गयी हैं साहिबगंज जिले के राजमहल और तालझारी थाना क्षेत्र से पुलिस ने सात लुटेरों को गिरफ्तार किया है इनके पास से हथियार और कारतुस सहित कई सामान बरामद किये गये हैं पकडे गए अपराधियों में से दो पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के जबकि चार साहिबगंज जिले के तालझारी थाना क्षेत्र और एक राजमहल थाना क्षेत्र का निवासी है पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किसपोट्टा ने बताया कि गदाई दियारा क्षेत्र में अपराधियों के जमावड़े की सूचना मिली थी इसी सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए इन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया उधर राजमहल थाना क्षेत्र के फुलवरिया बगीचा से भी पुलिस ने तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है ये सभी लूट की योजना बना रहे थे द्मका जिले में विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त राजेश्वरी बी ने एक महत्वपूर्ण बैठक की बैठक में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए साहिबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र के मोगरा बुरु टोला में भूमि विवाद में एक महिला की हत्या कर दी गई है पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है

जामताड़ा जिले में पिछले चौबीस घंटे के दौरान आठ संक्रमितों ने कोरोना को मात दी है स्वस्थ हुए लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी है

ऐसा जमीन की किल्लत के कारण हुआ है पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में कल रात एक मोमबत्ती फैक्ट्री में आग लग गयी अग्निशमन विभाग और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया

दैनिक जागरण ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एफआईआर और याचिका दायर होने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खियां बनाया है दैनिक हिंदुस्तान ने मजदूरों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है जबकि दैनिक भास्कर ने चक्रवाती तूफान नेवार के कारण झारखंड के मौसम में आये बदलाव की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है